अब समाचार विस्तार से उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एम वेकैंया नायडू ने युवाओं से सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर नए भारत के निर्माण में योगदान की अपील की है उन्होंने कहा कि नया भारत गरीबी भेदभाव असमानता और भ्रष्टाचार से मुक्त होगा कल शाम हैदराबाद में कलाम युवा उत्कृष्टता संस्थान के दीक्षांत समारोह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने युवाओं से हिंसा और विध्वंसकारी ताकतों से अलग रहने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए शांति का माहौल पहली शर्त है उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है उन्होंने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध परम्परा और संस्कृ ति को हमेशा संरक्षित रखने की अपील की और समाज के वंचित वर्गो पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ में शामिल न्यायमूर्ति रवीन्द्र भट के कल सुनवाई से अलग हट जाने के कारण सुनवाई एक दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी संविधान पीठ में न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति एम आर शाह शामिल हैं

न्यायमूर्ति भट ने सुनवाई से यह कहते हुए खुद को अलग करने की इच्छा जतायी कि केंद्र ने जब पुनर्विचार याचिका की मांग की थी तब उन्होंने भारत सरकार का पक्ष रखा था

ये बात प्रदेष के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कल इंदौर के शासकीय पीसी सेठी चिकित्सालय इंदौर में आयुष्मान भारतमध्यप्रदेश निरामयम के जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर के दौरान कही

कोरोना वायरस केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लोगों से कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण दिखने पर तत्काल राष्ट्रीय हेल्पलाइन पर संपर्क करने को कहा है

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की एलेप्पी बेंगलुरू हैदराबाद और मुंबई की चार प्रयोगशालाओं के साथ भारतीय विषाणु विज्ञान संस्थान पूणे में इस वायरस की जांच की व्यवस्था की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण का कोई मामला नहीं मिला है आपकी सरकार आपके द्वार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए इंदौर जिले में षिविरों का आयोजन किया जा रहा है इसी कड़ी में सातवां षिविर कल जिले के सांवेर में स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ

समारोह का आयोजन राज्यपाल लालजी टण्डन के मुख्य आतिथ्य में मोतीलाल नेहरु स्टेडियम में होगा पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार विशेष पुलिस महानिदेशक विजय यादव के मार्गदर्शन में कल बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम की फायनल रिहर्सल की गई इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक एसएएफ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे देश में इस कार्यक्रम के साथ ही गणतन्त्र दिवस के कार्यक्रमों का औपचारिक समापन होता है देश की राजधानी दिल्ली के अलावा केवल भोपाल में ही बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जाता है

इस दौरान मां नर्मदा के जीवन पर आधारित लाईट एण्ड साउण्ड शो आयोजित किया जाएगा अमरकंटक शहर के विभिन्न स्थलों पर महाआरती का सीधा प्रसारण किया जाएगा महोत्सव के माध्यम से क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर कला एवं स्वास्थ्यवर्धक कोदो चावल आदि कृषि उत्पादों का आमजनों के समक्ष प्रदर्शन किया जाएगा स्मार्ट कॉलेज उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाया जा रहा है

इन कॉलेज में स्मार्ट कक्षाएं और ई लाइब्रेरी होगी प्रशिक्षित शिक्षक गुणवत्तापूर्ण अत्याध्रनिक शिक्षा देंगे

उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा संस्थानों में ग्रीन कैम्पस बनाने का अभियान शुरू किया जा रहा है राज्य सरकार का प्रयास है कि पूरा शिक्षा विभाग पोर्टल पर हों परीक्षाएं समय पर हो और रिजल्ट भी समय पर निकले

राजा भोज विमान तल में पुराने टर्मिनल भवन को एयर कार्गो टर्मिनल के रूप में विकसित किया गया है जनसम्पर्क एवं विमानन मंत्री पीसी शर्मा ने कल बताया कि भोपाल को एयर कनेक्टिविटी से दूसरे महानगरों से जोड़ने की पहल के तहत यह राजधानी के लिए बड़ी सौगात होगी

शहीद दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कल प्रदेश भर में कई कार्यकम आयोजित किये जायेंगे

यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर साढ़े बारह बजे शुरू होगा भारतीय टीम यह मैच जीतती है तो टीम इंडिया न्यूजीलैंड की जमीन पर पहली बार कोई ट्वेंटी ट्वेंटी सीरीज जीतेगी भारतीय टीम इससे पहले दो अवसरों पर कीवी जमीन पर ट्वेंटी ट्वेंटी सीरीज नहीं जीत पायी है

इस दौरान संबंधित अधिकारियों से समयसीमा के भीतर समस्याओं के निदान के आदेश दिए

जिससे जिले में ठंड बढ़ गई है